उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए पूरे प्रदेश में इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम लागू करे का प्रयास किया जाये फिलहाल अलवर और भरतपुर जिलों में यह सिस्टम शुरू किया जा रहा है

मुख्यमंत्री कल जयपुर में प्रदेश की कानुन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने एफआईआर के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की नीति पर भी फिर से जोर देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी का मामला सामने आने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये

श्री गहलोत ने इस बारे में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है

गार्गी पुरस्कार में तीन हजार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में पांच हजार रूपये की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जायेगी गार्गी पुरस्कार समारोह के दौरान ही जिला स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार भी दिये जायेंगे

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका खारिज कर दी थी

इस मामले की जांच विजिलेंस डीआईजी सत्येन्द्र सिंह करेंगे इस बीच थोई थाना अधिकारी संगीता मीणा को जयपुर पुलिस मुख्यालय लगा दिया गया है मामले के आरोपी को आज अदालत में पेश किया जायेगा

यह जानकारी कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भवर लाल मेघवाल ने दी श्री मेघवाल राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि समिति में किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे बैठक में समुदाय की प्रतिनिधि पुष्पा माई और मालिनी दास ने कहा कि प्रदेश के किन्नर पिछले कई वर्षो से पहचान मिलने का इंतजार कर रहे है